यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अध्यापकों व अभिभावकों से बच्चों में नैतिकता संस्कारयुक्त व आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के भोजनगर और तड़ोल पाठशालाओं के वार्षिक समारोहों में उन्होंने कहा कि अध्यापक बच्चों के अंदर ऐसी छाप छोड़ने का प्रयास करें ताकि वे जीवनभर अपने गुरू को याद रखें सैजल ने छात्रों से आहवान किया कि वे अपने भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास कर जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर परिश्रम करते रहें

प्रदेश विश्वविद्यालय में विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति से विकलांग विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा और एमफिल व पीएचडी में हर विषय में एक एक सीट अतिरिक्त आरक्षित करने की मांग की है उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर एसपीबंसल को लिखे पत्र में प्रदेश विश्वविद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों के लिए एमफिल और पीएचडी में सभी विषयों में एक अतिरिक्त सीट आरक्षित करने की तर्ज पर यही प्रावधान तकनीकी विश्वविद्यालय में भी किए जाने का अनुरोध किया है शिमला जिले की ठियोग तहसील के गुठाण गांव के प्रसिद्ध डोमेश्वर देवता इन दिनों अपने क्षेत्रों की पारम्परिक जातर यात्रा पर हैं जातर के दो दौर उपरी शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में पूरा करने के बाद अब वे शिमला और सोलन जिलों के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा पर हैं

प्रदेश में साफ मौसम होने के बावजूद कुछ जिलों में कोहरा से ठंड का कहर लगातार जारी है पिछले कुछ दिनो से ऊना हमीरपुर मंडी और कांगड़ा जिलों के कुछ भागों में धुंध छाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णयों को को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल लिखता है बिना क्लासरूम चल रहे स्कूलों पर कटघरे में हिमाचल सरकार हाई कोर्ट सख्त प्रधान सचिव शिक्षा पहली जनवरी को तलब

आपका फैसला केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखता है झूठ बोलने के लिए गिनीज बुक में दर्ज हो सोनिया राहुल का नाम